प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु मॉडल अपनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत कार्य निष्पादन सुधार तथा बदलाव कर रहा है और नये आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा भारत है जो विकास के लिए मानव केन्द्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है

इस परियोजना में सौर ऊर्जा उत्पादन की तीन इकाइयां हैं

रीवा परियोजना ने देश विदेश में अपने विशाल ढांचे और अनूठे प्रयोगों के लिए अलग पहचान बनाई है परियोजना को विश्व बैंक समूह की ओर से पुरस्कृत किया गया है

मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक सामुदायिक संकमण की नौबत नहीं आई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ रही है

उधर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोरोना संकमण के फैलाव की प्रकृति के आंकलन के लिए राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रहा है

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की ओर से दिल्ली में किए गए आंकलन के परिणाम अभी घोषित किए जाने है

उधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संकमण के विस्तार के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा बीकानेर के तीन थाना इलाकों में कफ्र्यू लगा दिया है वहीं स्वास्थ्य विभाग आज से बड़े पैमाने पर सैम्पल लेने के कार्य को अंजाम देगा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना से रिकवरी के मामले में राजस्थान देशभर में अव्वल है कल अजमेर जिले के केकड़ी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में मृत्यु दर का औसत भी देश से कम है

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु मॉडल के अनुरूप प्रदेश की स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौतों की संख्या कम करने के उपाय किए जाएंगे परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए

श्री सिंह ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा के अन्य उपायों के साथ ही प्रदेश मे ड्रिंक एण्ड ड्राइव के मामलों में सख्ती बरती जाए प्रदेश में लाइसेंसिंग एवं अन्य कार्यो के लिए परिवहन कार्यालयों में आने वालों की सुविधा के लिए फ्रंटलाइन ऑफिस मैनेज सिस्टम लागू करने की योजना का आगे बढाया जाए आईसीएसई और आईएससी के दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर तीन बजे घोषित किए जाएंगे ये परिणाम कांउसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे परीक्षा परिणाम एसएमएस के जरिये भी जाने जा सकते हैं जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा

आयोग साक्षात्कार कार्यक्रम जल्दी ही घोषित करेगा